राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में कल शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे समी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को शपथग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है वहीं बिम्सटेक देशों के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के द्सरे कार्यकाल के लिए होने वाले शपथग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि कर दी है

ओडिशा में बीजू जनता दल के अध्यक्ष और मनोनीत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज लगातार पांचवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली उनके साथ बीस सदस्यों की मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ग्रहण की राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने नवीन पटनायक और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलायी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में आज जयपुर में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी

भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों के लिए आरटीजीएस के जरिए पैसा भेजने का समय बढ़ाकर शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक कर दिया है रिजर्व बैंक ने कल मुम्बई में जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह व्यवस्था अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होगी

इस सुविधा का लाभ उठाने वालों के लिए और बड़े मुल्यांकन के लेन देन का हस्तांतरण करना ज्यादा आसान और सटीक हो गया है आर टी जी एस प्रणाली मुख्य रूप में बड़े मूल्यों के लेन देन के लिए है आरटीजीएस के माध्यम से मेजी जाने वाली न्यूनतम राशि दो लाख रुपये है जिसमें कोई ऊपरी या अधिकतम मूल्य सीमा नहीं है उच्च न्यायालय ने जयपुर मिलिट्री स्टेशन से आधा किलोमीटर के दायरे में सेना की मंजूरी लिये बिना निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार जेडीए और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है रक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर सैन्य क्षेत्र के सौ मीटर परिधी में चार मंजिला भवन निर्माण और आधा किलोमीटर परिधी में बहमंजिला निर्माण से पहले सेना की मंजुरी लेने का प्रावधान किया है अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में हए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति मामलों के विशिष्ट न्यायालय में एक आरोपी के पिता द्वारा उसके पुत्र के नाबालिग होने का दावा करने पर कल स्कूल के प्रिंसीपल उसकी जन्म तिथि संबंधी रिकॉर्ड लेकर पेश हुए नाबालिग की उम्र को लेकर उसके पिता के बयान दर्ज होने के बाद तथ्यों की जाँच और उस पर बहस हुई इस पर न्यायालय ने फैसला कल तक के लिये सुरक्षित रख लिया

इनमें राजस्थान उच्च न्यायालय जोधप्र में अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ताओं के दो और उप राजकीय अधिवक्ता का एक पद भी शामिल है

कल घोषित किये गये परिणामों में सिरोही के हर्ष सेठी तीसरे स्थान पर रहे दूसरा स्थान केरल की मरियम मयन ने हासिल किया है शीर्ष दस में चार लडकियों ने जगह बनाई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट के माध्यम से सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है

यहां से दिल्ली और जयपुर के लिए उड़ानें संचालित की जा रही है

इस शिविर में गुढगांव पंजाब गुजरात दिल्ली से कंपनियां आई है और यहां पहुंचकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर की जानकारी दे रही है चित्तौडगढ जिले के कपासन क्षेत्र में पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम उत्पादकों पर निगरानी के लिये नियुक्त किये गये मुखिया छगन लाल के घर से कल जमीन में दबाकर रखी करीब पैंतीस किलो अवैध अफीम बरामद की

बूंदी के हिण्डोली क्षेत्र के गुढाबांध के तालाब मे कल दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई

प्रदेश में गर्मी तेज तपन और लू का एहसास कल की अपेक्षा आज और अधिक बढ गया है भीषण गर्मी और लु से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है

विश्व कप क्रिकेट ट्र्नामेंट कल से इंग्लैण्ड में शुरू हो रहा है भारतीय टीम का पहला मैच अगले सप्ताह बुधवार को साउथ हैम्पटन में दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा